मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला पूलिस आरक्षियों की पासिंग आउट परेड की ली सलामी कहा महिला आरक्षियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को दी नई ऊंचाई

वाहनों से फास्टैग प्रणाली द्वारा पथकर वसूलने का कार्य कल से शुरू

झारखंड के दुमका जिले में कल जनसभा में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि देश के कुछ भागों में आगजनी और अशांति का कारण विपक्षी पार्टियां ही हैं कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं हो हल्ला मचा रहे हैं तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं भाइयों बहनों ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पर उनके जो दृश्य आ रहे हैं ये आग लगाने वाले कौन हैं उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर आये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने के लिए संसद के दोनों सदनों ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया पाकिस्तादन बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिन्दू इसाई सिख पारसी जैन बौद्ध को अपना सब कुछ छोड़कर के भारत में शरणार्थी की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा उनके जीवन को सुधारने के लिए भारत की दोनों सदनों ने नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्व पूर्ण बदलाव किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पेशेवर पुलिस बल के निर्माण के लिए प्रभावी प्रशिक्षण को आवश्यक बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विगत ढाई वर्षो में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कानून व्यवस्था के प्रति अत्यंत सजग है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश पुलिस बल अब प्रभावी पुलिस बल बनने की ओर अग्रसर है मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइंस में महिला पुलिस रिक्ट की पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में ये बातें कहीं श्री योगी ने कहा कि इन महिला आरक्षियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को नई ऊंचाई दी है महिला आरक्षियों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये बेटियां पुलिस बल में शामिल होकर समाज में अपनी सकारात्मक उपस्थिति दर्ज कराएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले ढाई वर्षो में अस्सी हजार से अधिक नवयुवकों और नवयुवतियों को प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जिससे वे अपनों कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तन्मयता से कर सकें केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से नई दिल्ली में अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पक्षों के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श शुरू करेंगी वह देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संगठनों किसान संगठनों और अर्थशास्त्रियों से राय लेंगी बजट अगले साल पहली फरवरी को पेश किया जाएगा कित्त मंत्री स्टार्ट अप फिनटेक और डिजिटल क्षेत्र जैसे नई अर्थव्यवस्था के हितधारकों से भी विचार विमर्श करेंगी बाद में वह वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी

ये दिवस उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्व में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है आज उन शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने इस यूद्व में बलिदान दिया था सोलह दिसम्बर उन्नीस सौ इकहत्तर को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए ए खान नियाज़ी ने तिरानबे हजार सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के समक्ष दिना शर्त समर्पण किया था इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने सही सूचना के प्रसार के लिए डायरेक्ट टू मोबाइल जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है भावी प्रसारण डायरेक्ट दू मोबाइल के बारे में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसायटी हैदराबाद के एक सम्मेलन में उन्हॉने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की सूचना लोगों तक तेजी से पहंचनी चाहिए और डायरेक्ट ट्र मोबाइल से सही सूचना देने में मदद मिलेगी उन्होंने प्रसारकों से मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा उन्होंने कहा कि उमरती हुई फाइव जी प्रौदयोगिकी में संचार और प्रसारण में भ्रम को देखते हुए डायरेक्ट टू मोबाइल का महत्व बढता जा रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि युवाओं की ऊर्जा और उनकी क्षमता को सही दिशा देकर राष्ट्र के विकास में लगाने की अवश्यकता है ये कल लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जनशताब्दी के अवसर पर एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहीं थीं उन्होंने बताया कि हमारे देश की आबादी का पैसठ प्रतिशत भाग युवा वर्ग है उन्होंने कहा कि युवाओं के जोश साहस और विशिष्ट क्षमता को देश हित में सही दिशा देने की आवश्यकता है एक अन्य कार्यक्रम में राज्यपाल ने बच्चों से पुस्तकें पढ़ने उन्हें याद रखने तथा उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है राज्यपाल ने टी वी चैनलों पर अच्छे ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखने की भी बच्चों को सलाह दी वाहनों से पथकर वसूलने के लिए फास्टैग यानी प्रीपेड टोल की स्वचालित भुगतान व्यवस्था कल सुबह से लागू हो गई यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है आकाशवाणी के साथ बातचीत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि ये प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए लोगों को अब अपने वाहन रोकने नहीं पड़ेंगे फास्टैग सारे नेशनल हाइवेज चैनल पे मैंडेटरी हो चुका है जिस गाड़ियों में फास्टैग लगी हुई है वह निर्वाध गति से फास्ट लेन का यूज करें और बिना रुके आगे जा सकते हैं इससे उनके समय ईंधन और पॉल्यूशन की भी कमी होगी

निर्वाध आवागमन के लिए फास्टैग के माध्यम से पथकर वसूलने की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह प्रणाली लागू की गई है फास्टैग में रेडियो तरंगों के जरिये वाहन की पहचान होती है और चलते वाहन से सीधे पथकर का भुगतान हो जाता है यदि कोई चालक फास्टैग के बिना इलेक्ट्रॉनिक पथकर लेन में चला जाता है तो उसे दोगुने शुल्क का भुगतान करना होगा केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉ महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि सरकार महिलाओं के विरूद्व अपराध की घटनाओं पर सख्त है और इस तरह की घटनआँ को रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठा रही है श्री पांडेय ने कल वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वीर सावरकर पर दिए बयान के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों का अपमान करके कांग्रेस की नैया और डूब जाएगी प्याज की बढ़ी कीमतों पर श्री पांडेय ने कहा कि सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनका असर जल्द ही दिखना शुरू हुआ हो जाएगा उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा है कि पिछले तीन वर्ष में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में बदलाव दिखा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरन्तर राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है श्री शर्मा कल मथुरा में एक शिक्षण संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम की दिशा में कार्य कर रही है कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी उपस्थित थे

प्रदेश सरकार के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कल खेल निदेशक आर पी सिंह के साथ स्टेडियम के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया निरीक्षण के बाद खेल निदेशक श्री सिंह ने कहा कि इस स्टेडियम में चार सौ मीटर के सिन्थेटिक ट्रैक जैसी आध्निक सुविधाएं होंगी उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन खेल मैदान होगा प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार अब ओलम्पिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी पद पर नियुक्ति देगी